विभिन्न संघों द्वारा ग्यारह फरवरी को बुलाई गयी हड़ताल को अवैध घोषित किया गया

मजदूर संगठन और सरकार के बीच वार्ता विफल

उच्चतम न्यायालय निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केन्द्र की याचिका की आज सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय ने इस मामले में चारों दोषियों की फांसी पर रोक लगाने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ केन्द्र की याचिका बुधवार को खारिज कर दी थी अपर महाधिवक्ता के एम नटराज ने उच्च न्यायालय को बताया कि जेल प्रशासन दोषियों की समीक्षा याचिका नामंजूर होने के बावजूद उन्हें फांसी देने में असमर्थ है दोषियों की उपचारात्मक याचिका और उनमें से तीन की दया याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि प्रदेश की बिजली कम्पनियों का निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ऊर्जा सचिव ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है उन्होंने इंजीनियरों और विद्यूत कर्मियों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है इधर सरकार ने ग्यारह फरवरी को होने वाले बिजली कर्मियों की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अनिवार्य सेवा रख रखाव कानून एस्मा लागू कर दिया गया है श्री अमृत ने कहा कि यदि रेल स्वास्थ्य समेत कोई अनिवार्य सेवा किसी भी हालत में बाधित हुई तो संबंधित कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी कर्मचारियों की सेवा की बर्खास्तगी भी हो सकती है सेवा नियमित किए जाने की मांग को लेकर पटना नगर निगम में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों की आज पांचवें दिन भी हड़ताल जारी है आंदोलन कर रहे नगर निकाय के कर्मचारी आउटसोर्सिंग की व्यवस्था समाप्त करने की मांग कर रहे हैं हड़ताल के कारण पटना समेत राज्य के विभिन्न शहरों के मुख्य इलाकों में गंदगी का अंबार लग गया है राज्य सरकार की अपील का कोई असर नहीं पड़ा है इधर नगर और आवास मंत्री सुरेश शर्मा के साथ गुरूवार को हुई कामगार यूनियन चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ और नगर निगम स्टाफ यूनियन के नेताओं की बातचीत फिर विफल हो गयी हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि नई आउटसोर्सिंग कम्पनी में साठ वर्ष की आयु तक सफाई कर्मियों का समायोजन किया जायेगा और उन्नीस सौ नब्बे तक नगर निगम में आये कर्मियों की सेवा स्थायी करने पर भी विचार होगा आर्म्स एक्ट मामले में आरोपित राज्य की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चन्द्रशेखर वर्मा के खिलाफ आरोप गठित किया गया है न्यायालय ने मुकदमे में गवाही के लिए सत्ताईस मार्च की तारीख तय की है गौरतलब है कि सीबीआई ने पूर्व मंत्री के घर से पचास अवैध कारतूस बरामद किये थे परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि पन्द्रह फरवरी के बाद राज्य में वाहन चालकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर मैनुअल चालान काटने पर पूरी तरह पाबंदी होगी अब पटना समेत सभी जिलों में हैंड हेल्ड डिवाईस से ऑनस्पॉट चालान कटेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रदूषण केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर दो हजार की जायेगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि पन्द्रह फरवरी से आयुष्मान भारत योजना में अब मरीजों का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा उन्होंने कहा कि इस योजना को पूरी तरह पारदर्शी रखने के सभी उपाय किये गये हैं इस योजना के लिए एक लाख आठ हजार परिवार के पांच करोड़ अस्सी लाख लाभार्थी चिन्हित किये गये हैं अब तक राज्य के बीस लाख परिवार के तैंतालीस लाख लोगों को गोल्डन कार्ड दिया जा चुका है राज्य के सभी दो सौ तैंतालीस विधानसभाओं की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज किया जायेगा नई मतदाता सूची से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के संख्या की जानकारी मिलेगी साथ ही किस विधानसभा क्षेत्र में कितने बूथ स्थापित किये गये हैं इसका भी प्रकाशन किया जायेगा निर्वाचन आयोग की ओर से इसी मतदाता सूची के आधार पर ही इस साल बिहार विधानसभा के चुनाव कराये जायेंगे मुकदमे की सुनवाई को लेकर हो रही परेशानी के मद्देनजर पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता आज और सोमवार दस फरवरी को न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है इधर राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने देशभर की अदालतों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन पेंशन तथा भत्तों में बढ़ोतरी से जुड़ी अपनी अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है होमगार्ड के महा निदेशक आरके मिश्रा ने कहा कि गृह रक्षकों की ड्यूटी अब एक वर्ष के लिए फिक्स रहेगी श्री मिश्रा ने कहा है कि जवानों की तैनाती कब और कहां होगी इसके लिए एक रोस्टर तय होगा इसमें विस्तृत जानकारी होगी होमगार्ड की ड्यूटी लगाने में मिल रही शिकायतों के बाद यह फैसला किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग ने गृह विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पांच सौ तिरपन पदों की बहाली के लिए छह मार्च तक ऑनलाईन आवेदन मांगा है आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रजिस्ट्रेशन आज से इक्कीस फरवरी तक किया जा सकता है पश्चिमी विक्षोभ के सक्रियता के कारण प्रदेश में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान पटना सहित राज्य के कई इलाकों में बारिश की सम्भावना है केन्द्र सरकार इस महीने में आधार विवरण देने पर तत्काल ऑनलाईन ई पैन कार्ड जारी करने की सुविधा शुरू करेगी दो हजार बीस इक्कीस के केन्द्रीय बजट में इसकी घोषणा की गयी थी इधर आयकर विभाग ने ई कैलकुलेटर लांच किया है इसके जरिये आयकर गणना में मदद मिलेगी विभाग की वेबसाईट पर इस कैलकुलेटर के जरिये बजट में प्रस्तावित नये और पुराने आयकर स्लैब विकल्पों की तुलना कर जान सकेंगे कि उनके लिए कौन सी दर फायदेमंद हैं बीएसएनएल की ओर से कल लोक अदालत लगायी जायेगी इस लोक अदालत में उपभोक्ता अपने लंबित टेलीफोन बिल का निपटारा छूट के साथ करा सकते हैं भागलपुर में चल रही विश्वविद्यालय एकलव्य प्रतियोगिता में सौ मीटर की दौड़ में पाटलिपूत्रा विश्वविद्यालय के रवि कूमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वहीं कबड्डी स्पर्धा में तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर की टीम ने पुरूष वर्ग के मुकाबले में जीत दर्ज की है महिला स्पर्धा में तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर की टीम को बिहार ऐग्रीकल्वरल यूनिवर्सिटी सबौर टीम के भाग नहीं लेने के कारण वॉकओवर मिला है वहीं दूसरी ओर कटक में चल रहे बीसीसीआई महिला अंडर ट्वेंटी थ्री क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम मणिपूर को पांच विकेट से पराजित किया पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र अन्तर्गत दनियावां सरमेरा फोर लेन पर देर रात एक सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी सभी मृतक शाहजहांपुर थाने के चकरजा गांव के रहने वाले थे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वक्तव्य को प्रमूखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है प्रधानमंत्री ने कहा संसद के फैसलों का सड़क पर विरोध अराजकता वहीं प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर सुजन घोटाला की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अखबार का शीर्षक है दो बैंकों से चार सौ बत्तीस करोड़ की होगी वसूली हिन्दुस्तान लिखता है अब सस्ता ऑटो और होम लोन दे पायेंगे बैंक

विभिन्न संघों द्वारा ग्यारह फरवरी को बुलाई गयी हड़ताल को अवैध घोषित किया गया

मजदूर संगठन और सरकार के बीच वार्ता विफल